आज देहरादून में पहले उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कर व्यवस्था में सुधार किया है ताकि वह अधिक आसान और पारदर्शी बन सके आज करोबार आसान हुआ है बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत मिली है जी एस टी के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफोन किया है जी एस टी ने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया है और टैक्स वेल्थ बढ़ाने में भी बहुत बढ़ी मदद की है हमारा इंफ्रास्टक्चर सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कारण अब कारोबार करना अधिक आसान हो गया है और बैंकिंग प्रणाली भी मजबूत हुई है उन्होंने यह भी कहा कि देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चार सौ रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और सौ नये हवाई अड्डे तथा हेलीपैड बनाने की दिशा में अग्रसर है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के अवसर काफी बढ़े हैं कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है अमी हालही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की वजह से भी मेडिकल सेक्टर में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बढ़ी है श्री मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के मामले में देश की स्थिति बहुत अच्छी है उन्होंने सबसे कृषि में अधिक निवेश करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक हमारी चालीस प्रतिशत ऊर्जा गैर जीवाषीय ईंधन से प्राप्त होगी और वर्ष दो हजार बाईस तक एक सौ पचहत्तर गीगावॉट हरित ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड का है लखनऊ में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में रोज बड़ी संख्या में लोग आ रहे है उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने किया था इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि डिफेंस स्पेस रिसर्च जैसे तकनीकी विषयों में भारत में काफी कार्य हो रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई महत्वपूर्ण साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित है और विज्ञान महोत्सव के दौरान वहां होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ महोत्सव में भाग लेने आये देश विदेश के वैज्ञानिकों को मिलेगा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में आज बलरामपुर पहुंच गये हैं श्री योगी जिले के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा निर्देशित कार्यो की समीक्षा बैठक जिले के अधिकारियों एवं नीति आयोग द्वारा नामित अधिकारियों एवं नोडल संस्थाओं के साथ किया मुख्यमंत्री कल तुलसीपुर देवीपाटन शक्तिपीठ द्वारा संचालित आदिशक्ति पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक भी उपस्थित रहेंगे निर्वाचन आयोग अगले वर्ष के आम चुनाव को देखते हुए दस लाख से ज्यादा मतदान केन्द्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और मतदान सत्यापन पर्ची वीवीपैट आवंटित करने की प्रक्रिया में जुटा है आयोग ने कहा है कि इस चुनाव में लगभग बाईस लाख बैलेट यूनियों सोलह लाख नियंत्रण इकाईयों और लगभग सत्रह लाख वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा आयोग पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण और आपूर्ति की स्थिति का जायजा ले रहा है प्रदेश के विधि एवं न्याय राजनैतिक पेंशन अतिरिक्त ऊर्जा च्रोत मंत्री ब्रजेश पाठक ने अट्ठारह से पच्चीस वर्ष के नये एवं छूटे हुए नागरिकों को मतदाता बनाए जाने की पहल की है उन्होंने कहा कि मतदान आम नागरिक का अधिकार है विधि एवं न्याय मंत्री न कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है एवं कानून व्यवस्था बेहतर है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों पर विशेष ध्यान दिया है सड़कों के मामले में तेजी से विकास हो रहा है जो सड़के नगर निगम से नहीं बन पा रही थी वे सड़के लोक निर्माण विभाग द्वारा तेजी से बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए अब और इंतजार नहीं करेगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में कहा कि वे मध्यप्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से राज्य विधानसभा के चुनाव में गठबंधन के लिए संपर्क करेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिपणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने नई दिल्ली में कहा कि वह मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की नहीं सोच रही थी